अब तक एक लाख चार हजार लोग इस महामारी से ठीक हुए और प्रदेश में सरकारी और निजी बसों का परिचालन शुरू

गंगा नदी में उफान के कारण खगड़िया मुंगेर भागलपुर और कटिहार जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है मुंगेर शहर के कई मुहल्लों में बाढ़ का पानी फैल गया है भागलपुर जिले में भी नाथनगर सबौर और सुल्तानगंज प्रखंड में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है इधर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में जलस्तर में तेजी से बढोतरी हुई है पश्चिम चंपारण जिले में तटबंधों पर तेज कटाव हो रहा है बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवानपूर प्रखंड में बलान नदी का जमींदारी बांध टूट जाने से जोकिया पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है जिले में एक लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं

जिले के प्रांणपुर अमदाबाद समेली फलका कदवा बारसोई आजमनगर और बलरामपुर प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की कोविड जांच की जा रही है इन क्षेत्रों में साढ़े अठारह हजार कोविड जांच की गयी है जिसमें से दो सौ निन्यानवे लोग संक्रमित पाये गये हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के सोलह जिलों में लगभग चौरासी लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं गंगा और सोन नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है कल ज्यादातर स्थानों पर नदी के जलस्तर में गिरावट देखी गयी थी केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर और पटना में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है पटना के दीघा घाट में नदी लाल निशान के करीब पहुंच गयी है वहीं सोन नदी का जलस्तर भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में तेजी से बढ़ रहा है मनेर में सोन नदी खतरे के निशान से केवल दो मीटर नीचे रह गयी है वहीं गंडक ब्रूढ़ी गंडक बागमती अधवारा समूह और कमला बलान नदियों का जलस्तर धीरे घीरे घट रहा है कोसी नदी के जलस्तर में सुपौल के बसुआ को छोड़कर सभी स्थानों पर गिरावट देखी जा रही है वहीं महानंदा और परमान नदी का जलस्तर सीमांचल क्षेत्र के जिलों में बढ़ने लगा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना नालंदा गया शेखपुरा बेगूसराय नवादा और लखीसराय जिले में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि सुपौल अररिया किशनगंज मधेपुरा सहरसा और पूर्णिया जिले में बारिश के दौरान कहीं कहीं वज्रपात की आशंका है

सबसे अधिक चालीस मिलीमीटर बारिश डिहरी ऑन सोन और शिवहर में दर्ज की गयी वहीं मुंगेर जहानाबाद औरंगाबाद अरवल और बेगूसराय में बीस से तीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पटना रिंग रोड और कच्ची दरगाह बिदुपुर छह लेन गंगा पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया लगभग पन्द्रह हजार करोड़ की लागत से राज्य और केन्द्र सरकार के सहयोग से बन रहे एक सौ सैंतीस किलोमीटर लंबे पटना रिंग रोड परियोजना े अंतर्गत गंगा नदी पर दो पुल तथा छह लेन की सड़क बनायी जानी है मुख्यमंत्री ने इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने और जमीन अधिग्रहण में आ रही बाधा दूर करने के निर्देश दिये राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग चौरासी प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख चार हजार लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं उन्नीस हजार छह सौ इक्यावन लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है वहीं एक हजार चार सौ चौवालीस नये मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामलों की संख्या लगभग एक लाख पच्चीस हजार हो गयी है सबसे अधिक दो सौ बासठ मामले पटना जिले में मिले हैं विभाग के अनुसार महामारी से अब तक छह सौ चौवालीस लोगों की मृत्यु हुई है कोविड उन्नीस महामारी से ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह आज करीब छिहत्तर प्रतिशत हो गई है लगातार समय पर किये जा रहे प्रयासों से देशभर में चौबीस लाख से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में देशभर में छियासठ हजार से अधिक रोगी इससे ठीक हुए हैं

इसके साथ ही महामारी से होने वाली मृत्यु की दर में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय यह एक दशमलव आठ चार प्रतिशत पर आ गई है देश में करीब तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में यह दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है

जबकि करीब सात लाख चार हजार से अधिक लोगों का इस समय इलाज चल रहा है

आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नौ सितम्बर से इक्कीस सितम्बर तक होने वाली एसटीईटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि बढ़ा दी है पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना था इधर बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता पारीक्षा दो हजार उन्नीस की दोबारा होने वाली परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि बाद में घोषित की जायेगी मुजफ्फरपुर जिले के पताही एयरपोर्ट पर केन्द्र सरकार की मदद से बन रहे विशेष कोविड अस्पताल का केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निरीक्षण किया पांच सौ बेड वाले इस अस्पताल का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है वेंटिलेटर सहित अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए पीएम केयर्स फंड से सहायता दी गयी है निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि एकतीस अगस्त तक यह अस्पताल चालू हो जायेगा इसमें कोविड उन्नीस से संक्रमित मरीजों का मुफ्त इलाज किया जायेगा

सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद प्रदेश में आज से सरकारी और निजी बसों का परिचालन शुरू हो गया है बसों को कंटेनमेंट जोन में आवाजाही की अनुमति नहीं होगी

बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है चालक कंडक्टर और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है बसों में निर्धारित सीट के अलावा और अन्य यात्री नहीं लिए जाएंगे चालक और कंडक्टर वाहनों में चढ़ने से पहले यात्री को हाथ साफ कराने के लिए सैनेटाइजर उपलब्ध कराएंगे आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल राज्य सरकार ने सब्जी फल मांस और मछली की बिक्री के समय में भी बदलाव किया है इन वस्तुओं की बिक्री सुबह छह बजे से ग्यारह बजे तक और शाम चार बजे से साढ़े छह बजे तक ही की जा सकती है इससे पहले छह सितम्बर तक लॉकडाउन के चलते गृह विभाग ने भीड़ भाड़ को रोकने के लिए दो दिन पहले सुबह छह बजे से दस बजे तक ही सब्जी मांस और मछली की बिक्री के लिए विक्रेताओं को अनुमति दी थी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इकतीस दिसम्बर तक बढ़ाने का फैसला किया है इसमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज शामिल हैं देश में कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई कि अब ऐसे दस्तावेज की वैधता इकतीस दिसम्बर तक मानी जाए इस फैसले से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की सम्भावना है कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढाई गई है इससे पहले यह अवधि तीस सितम्बर थी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश की हर एक नगर पालिका में कोविड उन्नीस के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा डेढ लाख रूपये की मदद उपलब्ध कराई जा रही है सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है

पायल ने पुरातत्व इतिहास विषय में पहला स्थान प्राप्त किया है पायल के पिता प्रमोद कुमार रोजी रोटी के लिए बीस साल पहले केरल के कोट्टयम चले गये थे भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना द्वारा एक देश एक भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नाम से वेब गोष्ठी का आयोजन किया गोष्ठी में शामिल जाने माने गणितज्ञ आनंद कुमार ने कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की परेशानी दूर होगी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डी पी तिवारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य विजय कांत दास और पीआईबी के निदेशक दिनेश कुमार सहित कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के कर्मी से छब्बीस लाख रुपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि कर्मचारी मुकेश कुमार रुपये लेकर बाइक से मोतिहारी जा रहा था तभी शहबाजपुर गांव के पास राघोपुर चौक पर अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया नालंदा जिले में मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत पच्चीस लाख से अधिक मानव रोजगार दिवस सुजन कर राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है इससे बड़ी संख्या में जॉब कार्डधारकों और प्रवासी कामगारों को रोजगार मिला है

अब तक एक लाख चार हजार लोग इस महामारी से ठीक हुए और प्रदेश में सरकारी और निजी बसों का परिचालन शुरू